मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार के अधिकारियों और निवेशकों को प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों और सरकार की योजनाओं से अवगत करवाकर निवेश के लिए प्रेरित करेंगे बैठक मंडी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई उच्च स्तरीय टीम ने कल मंडी में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की इस टीम में नोडल अधिकारी के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से डॉ राजीव गर्ग सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे इस दौरान केंद्रीय टीम ने जिला में कोरोना की स्थिति एवं रोकथाम के उपायों से जुड़े सभी पहलुओं व चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने को लेकर जिला प्रशासन को जरूरी सुझाव दिए और होम आइसोलेशन में लापरवाही बरतने वाले संक्रमितों पर कड़ी नजर रखने को कहा सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के संकट में भी सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित कर संतुलित विकास पर जोर दे रही है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री कल कसौली विधानसभा क्षेत्र की बड़ोग पंचायत में निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र के लोकार्पण के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे

इसे आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा

सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि दिव्यांगजन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार इनके सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयासरत्त है सरवीण चौधरी कल दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रही थीं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में कड़ाके की ठंड तीन जिलों का माइनस में पारा

दैनिक भास्कर लिखता है बारिश बर्फबारी से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित छह डिग्री सैल्सियस तक गिरा पारा अजीत समाचार के शब्द हैं कल्लू मनाली व डलहौजी में हिमपात कई क्षेत्र सड़क मार्ग से कटे आपका फैसला के अनुसार उपरी हिमाचल में चौथे दिन भी बर्फबारी कई सड़कें अवरूद्व जल जीवन मिशन गड़बड़ियों का पिटारा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने जयराम सरकार पर साधा निशाना